पंचायती राज प्रशिक्षण राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा है कि तेजी से बदलते वैश्विक दौर में हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए काम करना चुनौती पूर्ण है लेकिन इसका विकास कर रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर निर्मित किये जा सकते हैं राज्यपाल आज भोपाल में डॉ अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय मह की ओर से आयोजित पंचायती राज प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि मशीनीकरण के दौर में पिछले कुछ वर्षो से हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र प्रभावित हुआ है इस क्षेत्र की दुनियाभर में विशिष्ट पहचान रही है इसे आज अधिक रोजगारन्मुखी बनाने की आवश्यकता है विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर आशा शुक्ला ने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित किया झाबुआ विस उपचुनाव झाबुआ विधानसभा उपच्नाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है प्रमुख राजनैतिक दलों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों सहित यहां चुनाव मैदान में उतरे सभी पांच उम्मीदवार मतदाताओं के बीच पहुंचकर अपने अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं वहीं इस क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए दिग्गज नेताओं की सभाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है कल मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के पक्ष में रोड शो कर सभा को संबोधित किया

आशा मानदेय केन्द्र सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय एक हजार रूपये से बढ़ाकर दो हजार रूपये प्रतिमाह करने का फैसला लिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने संवाददाताओं को बताया कि आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी योजनाओं के अन्य लाभ उपलब्ध कराये जाने का फैसला लिया गया उन्होंने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत इस वर्ष देश में चालीस हजार आरोग्य केन्द्र भी खोले जायेंगे एसबीआई ऋण भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने ऋण पर ब्याज दरों में दस आधार अंकों की कटौती की है बैंक ने एक लाख से नीचे की सावधि जमा पर ब्याज दरों में भी पच्चीस आधार अंक का संशोधन किया है बैंक ने एक वर्ष से अधिक और दो वर्ष से कम की खुदरा सावधि जमा पर ब्याज दरों में दस आधार अंक की और एकमुश्त सावधि जमा पर तीस आधार अंक की कटौती की है एसबीआई ने एक बयान में कहा कि ऋण पर नई ब्याज दरें आज से प्रभावी हो गई हैं जबकि बचत खातों पर ब्याज दर एक नवम्बर से प्रभावी होगी

इसका उदघाटन साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात साहित्यकार रमेशचंद्र शाह चित्रा मुदगल और आलोचक धनंजय वर्मा करेंगे जबकि साहित्य अकादमी के पूर्व सचिव इंद्रनाथ चौधरी टैगोर पर उदघाटन भाषण देंगे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति संतोष चौबे ने बताया कि टैगोर की स्मृति में इस महोत्सव में तीस देशों के पांच सौ से अधिक कलाकार भाग लेंगे इस आयोजन का उदेदश्य युवापीढी में साहित्य और कला के प्रति चेतना पैदा करना है इस समारोह में अलग अलग सत्रों में साहित्य संस्कृति सिनेमा बाल साहित्य मीडिया और पर्यावरण जैसे विषयों पर विचार विमर्श होगा

पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने आज भोपाल में राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात कर इस संबंध में ज्ञापन सौंपा राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है कल मंदसौर में विश्व हिन्दू परिषद के पदाधिकारी युवराज सिंह और इससे पहले नगर पालिका अध्यक्ष की हत्या की गई इंदौर सहित कई नगरों में हत्या की वारदातें लगातार हो रही हैं और बच्चों के अपहरण की घटनायें भी सामने आई है इससे यह साबित होता है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से इस मामले में हस्ताक्षेप कर राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया है

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह की अध्यक्षता में आज भोपाल में हुई पार्टी नेताओं की बैठक में यह फैसला लिया गया पार्टी का कहना है कि कांग्रेस सरकार राजनैतिक लाभ के लिये अपने अनुसार नियम बना रही है अब तक महापौर और अध्यक्षों का चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाता था लेकिन नये नियमों के अनुसार अब पार्षद महापौर और अध्यक्ष का चुनाव करेंगे इससे इन चुनावों में धन बल को बढ़ावा मिलेगा सहकारी मेला कृषि और उससे संबंधित उत्पादों को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए कल से नई दिल्ली में तीन दिवसीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला शुरू हो रहा है केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर इस मेले का उदघाटन करेंगे इस अवसर पर युवा सहकार योजना का भी शुभारंभ किया जायेगा

प्रज्ञा थाइलैंड छतरपुर की प्रज्ञा पालीवाल का प्रशिक्षण के दौरान एक हादसे में थाईलैंड में निधन हो गया राज्य सरकार ने परिजनों को भरोसा दिलाया है कि प्रज्ञा के पार्थिव शरीर को लाने के लिए वह हर संभव कोशिश करेगी मुख्यमंत्री कमलनाथ ने टवीट करके कहा है कि प्रज्ञा की मौत की खबर बेहद दुःखद है परिवार के किसी सदस्य के पास पासपोर्ट नहीं होने के कारण उनके पार्थिव शरीर को लाने में दिक्कत आ रही है सरकार विदेश मंत्रालय से सरकार चर्चा कर शव लाने का प्रयास करेगी

शनिवार को उनका सामना दूसरी वरीयता प्राप्त तुर्की की बुसेनाज साकिरोग्लू से होगा जो यूरोपीय चैम्पियनशिप और यूरोपीय खेलों की स्वर्ण पदक विजेता हैं आज की जीत के साथ ही मैरी कॉम चैंम्पियनशिप के इतिहास में सबसे सफल मुक्केबाज बन गई हैं